सोमवार को कुल दो सौ अद्वाइस मरीज स्वस्थ हो गए है और अब स्वस्थ होने की प्रतिशत उन्यासी दशमलव श्न्य एक है नए मामलों में राजधानी ईटानगर क्षेत्र में सबसे अधिक चालीस मामले पाए गए है लोहित से अड़तालीस इसके अलावा ईस्ट सियांग से बत्तीस वेस्ट सियांग से उन्तीस सियांग से सत्रह चांगलांग से चौदह तिराप से बारह अपर स्बनसिरी से ग्यारह और वेस्ट कामेंग से दस मामले पाए गए है

अब तक दस हजार सात सौ अस्सी लोग इस बीमार से स्वस्थ हो च्के है और तीस व्यक्ति इस संक्रमण से ग्जर गए है

बहरहाल स्वास्थ्य मंत्री ने पदो की संख्या के बारे में उल्लेख नही किया गौरतलब है कि ए पी पी एस सी ने हाल ही में राज्य सरकार ने विभिन्न विशेषज्ञ के एक सौ बीस से अधिक डॉक्टरों की भर्ती की है

प्रस्ताव के अन्सार सिमांत वन प्रभाग व्हाट्सएप ग्र्प बनाऐंगे जिससे जानकारियों को जल्द साझा किया जा सकेगा संवेदनशील क्षेत्र में अवैध लकड़ी के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने के लिए सीमा प्रभाग के रेंज अधिकारियां संय्क्त रुप से संवेदनशील क्षेत्रों में पेट्रोलिंग करेंगे इसके अतिरिक्त भाल्कपोंग और बोमडिला के जिला वन अधिकारिया सोनितप्र और उदालग्री में नकली ट्रानजित पास के जरिए अवैध लकड़ी की व्यापार को नियंत्रित करने के लिए ट्रानजित पास के विवरण को साझा करेंगे

इस दौरान श्री नातुंग ने केंद्रिय मंत्री से राज्य सरकार द्वारा वन से जूड़े योजनाओ और परियोजनाओ का समर्थन करने की अपील की जिसका श्री जावड़ेकर ने संबंद्ध म्द्दो पर तवज्जों देने का आश्वासन दिया इससे पहले रविवार को केंद्रिय खेल एवं युवा मामला राज्य मंत्री से मुलाकात कर श्री नातुंग ने संबंद्व विभाग से जुड़े मुद्दो पर भी विचार विमर्श किया

प्रधानमंत्री द्वारा श्भारंभ फिट इंडिया म्वमेंट की लाईन पर लोगो के बीच स्वास्थ्य जागरुकता लाने के लक्ष्य से एम॰ टी॰ बी का वितरण किया गया फिट इंडिया मुवमेंट और नशीली पदार्थो को ना कहे नामक एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री ताशी ने कहा कि प्रा विश्व आज ग्लोवेल वार्मिंग की च्नौती से सुझते हुए इसका विकल्प ढ़ंढ रहा है उन्होंने कहा कि साइक्लिंग ग्लोवेल वार्मिंग और वाय् प्र द्षण को नियत्रित कर सकता है और पर्यावरण का संरक्षण कर सकता है

उन्होंने कहा कि देश में तीस से अधिक वैक्सीन विकसित की जा रही है और इनमें से तीन अग्रिम चरण में है